ग्रूग्राम के मानेसर मे नू जेन मोबीलटी सम्मेलन श्रू केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटो उद्योग को भावी प्रौदयोगिकी पर मंथन करने का आग्रह किया है

इस विधेयक के माध्यम से ई सिगरेट के विज्ञापन भंडारण आपूर्ति और उत्पादन पर रोक लगा दी गई है

विधयेक में ई सिगरेट उस इलैक्ट्रोनिक उपकरण को माना गया है जो निकोटीन या अन्य रसायन य्क्त पदार्थो को गर्म करके म्ंह में ले जाने के लिए वाष्प पैदा करता है विधेयक बारे हई बहस का जवाब देते हये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा हर्षवर्धन ने कहा कि देश के बड़े यूवा वर्ग को ई सिगरेट कंपनियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है केन्द्रीय सड़क परिहवन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने आटो उदयोग से आग्रह किया है कि वे भावी प्रौद्योगिकी बारे विचार करे क्योंकि इस क्षेत्र में कुशल मानव शक्ति सस्ती मजदूरी और प्रौदयोगिकी उपलब्ध है उनहोंने कहा कि इथेनॉल मीथनॉल बायो डीज़न और बायो सीएनजी भविष्य में ऑटो सेक्टर में प्रयोग की जाने वाली प्रौदयोगिकी का सहयोग करेंगे

उन्होंने कहा कि नया मोटर वाहन अधिनियम वाहन अधिनियम नवाचार और अन्संधान को प्रोत्साहित करेगा तीन दिवसीय सम्मेलन में विश्वभर में आटोमोटिव उद्योग प्रणाली और प्रौद्योगिकी कंपनियों के विशेषज्ञों के इलावा शोधकर्ता नीति एवं इस विषय के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे है

वे अपने अन्भवों को सांझा करेंगे और चर्चा के दौरान मोटर वाहन प्रौद्योगिकी के रूझानों के नवाचारों के बारे पता लगायेंगे

केन्द्र सरकार देश ने मजूदर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबदव है इसके लिए सरकार ने विभिन्न श्रम कानुनों को मिलाकर चार श्रम संहितायें तैयार की है राज्यसभा में एक पूरक प्रश्नों के जवाब में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार को अगले साल आठ जनवरी को कई केन्द्रीय व्यापार मंडलों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए कोई नहीं मिला है उन्होंने कहा कि एक बार जब सरकार को सूचना मिल जायेगी तो वे सभी पक्षों के साथ उनकी मांगों को लेकर चर्चा करेगी

नियमित रूप से कर का भ्गतान करने के लिए उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान श्रू किया गया है और इसके परिणामस्वरूप पिछले चार महीनों के दौरान रिटर्न में काफी वृद्धि हुई है

चंडीगढ़ से जारी प्रेस विजप्ति में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रदेश के सरकारी कालेजों में पढऩे वाली छात्राओं को उनके निवास स्थान गांव या कस्बा से उनके कालेज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा के सरकारी कालेजों में पढऩे वाली बेटियों को यातायात की चुनौती से चिंतामुक्त करके उनको कालेज तक स्रक्षित पहंचाने के लिए राज्य सरकार ने उनके लिए विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है

पेट्रोनियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गरीब घरों की महिलाओं को एलपीजी के आठ करोड़ कनैक्शन मुहैया करवाये है भिवानी जिले के उमरावत कोंटख् प्र्णप्रा ढाणा लाडनप्र सहित साथ लगते कई गांवों में ओलावृष्टि होने से सरसों की फसल प्रभावित हुई किसानों का कहना है कि उनकी सरसों की फसल प्री तरह बर्बाद हो गई है

किसानों सरकार से गिरदावरी करवाकर उचित म्आवजे की मांग की है उधर भिावनी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले मे मौसम के बदलाव के साथ दमें की मरीज़ो की संख्या एकाएक बढ़ गई है चौधरी देवी लाल नागरिक अस्पताल में कई रोगियों को भर्ती करवाया गया है नागरिक अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा आदित्य रूवरूप गुप्ता ने बदलते मौसम में दमे के मरीज़ो को बचाव के लिए विशेष हिदायतें दी है हरियाणा सरकार द्वारा भावान्तर भरपाई योजना के अंतर्गत लाई गई आलू फ्लगोभी गाजर मटर व किन्न् की फसल पंजीकृत की जा रही है

गीता महोत्सव को लेकर आज जिला उपायुक्त यशपाल ने लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेस हॉल में अधिकारियों की बैठक भी ली हरियाणा सूचना जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के तत्वाधान में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय महोत्सव के लिए अतिरिक्त उपाय्क्त आर के सिंह ने ओवर ऑल इंचार्ज व होडल के एम डी एम वत्सल वरिष्ठ को नोडल अधिकारी निय्क्त किया गया